स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कल बिना किसी तकनीकी बाधा के काम किया मंत्रालय ने कहा कि कोविन सॉफ्टवेयर मजबूत विश्वसनीय और कुशल तकनीक है और इससे किसी भी स्थान से किसी भी समय टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमित हो गए है श्री गहलोत ने ट्वीट कर ये जानकारी दी उन्होंने अपने संदेश में कहा कि उन्हें कोरोना के किसी भी तरह के लक्षण नहीं है और वह ठीक महसूस कर रहे है श्री गहलोत ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आईसोलेशन में रहकर काम जारी रखेंगे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होम आईसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीज प्रोनिंग के जरिये कम होते ऑक्सीजन के स्तर में सुधार कर सकते हैं चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि विशेषज्ञों ने ऑक्सीजन का स्तर कम होने पर खुद की निगरानी में प्रोनिंग की सलाह दी है

प्रोनिंग की यह स्थिति वेंटीलेशन में सुधार करके मरीज की जान तक बचा सकती है

डॉ भण्डारी ने बताया कि प्रोनिंग के लिए सबसे पहले रोगी को बिस्तर पर पेट के बल लैटायें इसके बाद एक तकिया गर्दन के नीचे सामने से रखें फिर एक या दो तकिये गर्दन छाती और पेट के नीचे बराबर रखें बाकी दो तकियों को पैर के पंजों के नीचे दबाकर रख सकते है इस दौरान कोविड रोगी को गहरी और लम्बी सांस लेते रहना हैं कोविड प्रबंधन के लिए चल रहे प्रशासनिक प्रयासों के तहत जयपूर संभागीय आयुक्त दिनेश यादव ने इंझनू में कोरोना संकमण की स्थिति और इससे बचाव के लिए किए जा रहे कार्यो की जानकारी लीं उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ऑक्सीजन और दवाई की कमी के कारण किसी भी मरीज की जान नहीं जाए उन्होंने जिले में किसी भी तरह के आयोजनों में भीडभाड न करने की अपील की उधर भरतपुर जिले में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है इस काम में सामाजिक संस्थान भी अपना सहयोग दे रहे है

साथ ही उन्हें प्राथमिक स्तर पर जांच के बाद दवाईयां उपलब्ध करवाई गई है ब्रंदी में सामाजिक संस्थाओं द्वारा कोरोना संक्रमितों के घर भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है जयपुर के बीलवा में राधास्वामी सत्संग व्यास संस्थान में कोविड केयर सेन्टर शुरू हो गया है वहां कोरोना संकभित मरीजों को भर्ती किया जा रहा है

बाकी कम लक्षण वाले मरीजों को होम आईसोलेशन में रहने का परामर्श दिया गया